इस संवैधानिक पद के लिए सत्तारूढ़ एन डी ए ने जनता दल यूनाइटेड के हरिवंश को उम्मीदवार बनाया है जबकि कांग्रेस ने बी के हरिप्रसाद को मैदान में उतारा है दोनों उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है दोनों ने कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया राज्यसभा में उपसभापति पद के लिए चुनाव सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले घंटे के दौरान किया जाएगा मतदान ध्वनिमत से कराने का प्रयास किया जाएगा और अगर जरूरी हुआ तो मत विभाजन भी होगा बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री हरिवंश जाने माने पत्रकार हैं जबकि श्री हरि प्रसाद कर्नाटक से सांसद हैं

संचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि इन बैंकों के देशव्यापी शुभारम्भ से बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच और प्रभाव में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी

जनजाति क्षेत्रीय विकास आयुक्त भवानी सिंह देथा ने बताया कि राज्य स्तरीय समारोह प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर होगा जबकि राज्य के टीएसपी और सहरिया क्षेत्र के पंचायत समिति स्तर पर समारोह आयोजित होंगे गौरतलब है कि मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने हाल ही में डूंगरपुर के धम्बोला में राजस्थान गौरव यात्रा के दौरान आदिवासी दिवस के व्यापक स्तर पर मनाने की घोषणा की थी राज्यपाल कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने विश्व आदिवासी कल्याण दिवस पर प्रदेशवासियों और जनजातीय उपयोजना क्षेत्र टीएसपी में रह रहे लोगों को बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं

हमारे संवाददाता ने बताया कि योजना के लागू होने से यहां के किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है

बीकानेर जिले में कई स्थानों पर और प्रतापगढ के कांठल में कल शाम तेज बारिश हुई आज सुबह भी बारिश का दौर जारी रहा